मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के उनचालीस खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति पंद्रह मार्च को दिया जायेगा नियुक्ति पत्र विधानसभा में विधायक बिरंची नारायण ने राज्य में पेयजलापूर्ति की समुचित व्यवस्था की मांग की पेयजल मंत्री ने कहा राज्य सरकार इस मामले में प्राथमिकता के साथ कर रही है काम आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए विशेष इंतजाम कोरोना संकमण को लेकर नहीं निकाली जायेगी शिव बारात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

राज्य सरकार ने अब किसी भी निजी वाहनों पर बोर्ड और नेमप्लेट लगाने पर रोक लगा दी है परिवहन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर नियमावली बनाकर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है यह नियम कल से प्रभावी हो गया है इसके अंतर्गत अब वाहनों पर आर्मी पुलिस प्रेस कोर्ट मंत्रालय आदि लिखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी नियमों की अनदेखी करने पर दो हजार रूपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है सिर्फ सरकारी वाहनों पर ही मानक आकार और रंग के आधार पर लिखने की इजाजत होगी वहीं राज्य सरकार के विधि व्यवस्था संधारण से जुड़े अधिकारियों को बोर्ड लगाने की अनुमति होगी इनमें से बीडीओ से लेकर उप विकास आयुक्त डीटीओ आरटीओ और जिला खंड पदाधिकारियों को बोर्ड लगाने की अनुमति होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में खेल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है इसलिए इस बार के बजट में खेल और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया हैं वे कल सिमडेगा में ग्यारहवीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के उदघाटन के मौके पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य के उन्वालीस खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की घोषणा की इन खिलाड़ियों को पंद्रह मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उन्होंने जानकारी दी कि सभी जिलों में खेल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन्होंने कहा कि राज्य के पंद्रह विद्यालयों में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराया जाएगा जबकि सिमडेगा में अठारह करोड़ पचास लाख रूपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा इधर हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चौंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के दिन कल सात मैच खेले गए

वहीं आंध्रप्रदेश टीम को तेलंगाना टीम के नहीं आने के कारण और तमिलनाडु टीम को मिजोरम टीम के नहीं आने के कारण वॉकओवर मिला

पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपनी सहयोगी पार्टी आजसू को एक सीट दी है आजसू ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बाघमुण्डी विधानसभा सीट से आश्तोष महतो को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है इस चुनाव को लेकर सुदेश महतो ने कहा है कि बाघमुण्डी सीट से आजसू प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं बाकी सीटों पर उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी

श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मेकॉन स्थित डिबडीह के पास रेलवे की ओर से अंडर पास का निर्माण किया गया था लेकिन वहां सड़क निर्माण नहीं होने के कारण अंडर पास का उपयोग नहीं हो रहा है उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए मेकॉन और रेलवे दोनों को जमीन उपलब्ध कराना है इस पर रेलवे ने जमीन दी है जबकि मेकॉन ने इससे इनकार कर दिया है उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इसपर हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान का आग्रह किया केंद्रीय मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इस समस्या का निपटारा करने का निर्देश दिया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राजधानी रांची में गेल कम्पनी ने पाईप लाईन के जरिये पंद्रह हजार घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलबध कराये हैं इनमें से नौ सौ से अधिक परिवार खाना पकाने के लिए पाईप लाईन से पहुंच रही रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं राज्य सभा में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्नों का केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे थे मंत्री श्री प्रधान ने बताया कि झारखंड के रांची सहित चौदह जिलों के अंतर्गत नौ भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विकास किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिदभवानंद की ई भगवद्गीता के किंडल संस्करण का विमोचन करेंगे और इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे

झारखंड विधानसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सरकार से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को शीघ्र द्रूस्त करने की मांग की उन्होंने कहा कि राज्य में गर्मी ने दस्तक दे दी है विधायक ने सरकार से पूछा कि पूरे राज्य में कितने चापाकल खराब पड़े हैं और डीप बोरिंग की क्या स्थिति है इस पर राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेष ठाक्र ने विधायक के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार इस मामले में गंभीर है पिछले साल पेयजल को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई थी गर्मी के मद्देनजर अबतक आठ हजार आठ सौ अड़तालीस चापाकल की विशेष मरम्मत हो चुकी है वहीं बारह हजार चार सौ चौंसठ खराब चापाकलों को ठीक किया गया है जबकि एक लाख दस हजार पांच सौ से अधिक चापाकलों की सामान्य मरम्मत की गई है ताकि लोगों को उससे पानी मिल सके विधायक विरंची नारायण ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र बोकारो में अभी भी बड़ी संख्या में चापाकल खराब पड़े हैं इधर अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने रांची में बनने वाले लाईट हाउस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान के बाद भी लाभुकों को छह लाख से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ेगी इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से विचार कर सरकार आगे कार्यवाही करेगी विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन गोमिया विधायक डॉक्टर लम्बोदर महतो ने शून्य काल में गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन टीटीपीएस में श्रम कानून के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की मांग की उन्होंने सदन को बताया कि वहां श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है आश्वासन के बाद भी बाईस मृत श्रमिकों को ग्रैच्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है कम्पनी प्रबंधन महंगाई भत्ता समेत रिवाइज्ड मजदूरी दर का भी भुगतान नहीं कर रहा है

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से टाना भगतों की जमीन की बंदोबस्ती खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था पेंशन स्वतंत्रता सेनानी कार्ड बनाने उनके क्षेत्र में सड़क और बिजली की समुचित व्यवस्था सरकारी लाभ देने चतरा जिले में टाना भगतों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने और उनके बच्चों को शिक्षा के अनुसार नौकरी उपलब्ध कराने समेत कई मांग की इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर विधिसम्मत पहल करने का आश्वासन दिया इस मौके पर विधायक अम्बा प्रसाद भी मौजूद थीं राज्य के पारा शिक्षक पंद्रह से उन्नीस मार्च तक झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे सरकार द्वारा स्थायीकरण और वेतनमान नहीं दिये जाने के विरोध में पारा शिक्षकों ने यह निर्णय लिया है एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि वे पिछले बीस सालों से सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं इस दौरान कई पारा शिक्षक सेवानिवृत भी हो गए और कई की मृत्यु भी हो गई इसके बाद भी राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिला

इस मौके पर सभी शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था

महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ और देवी पार्वती के विवाह की परंपरा मंदिर के पंडों ने निभाई

अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य सरकार द्वारा उनचालीस खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है दैनिक प्रभात खबर ने निजी वाहनों में बोर्ड और नेम प्लेट लगाने पर मनाही संबंधी परिवहन विभाग की खबर को पहली सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर ने जमशेदपुर के भालोटिया बन्धुओं के यहां पचास करोड़ रूपए का टैक्स चोरी के खुलासे की खबर को पहली पेज पर जगह दी है दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है रांची एक्सप्रेस ने राज्य के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है